यह विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है

ये मार्ग सालभर खुला रहने से जनजातीय जिला लाहौल स्पिति में कृषि बागवानी व पर्यटन सहित अन्य गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा

प्रधानमंत्री लाहौल स्पीति के सिस्सू व मनाली के समीप सोलंग नाला में जनसभाओं को भी संबोधित करेंगे रक्षामंत्री राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर भी इस अवसर पर मौजूद रहेंगे प्रधानमंत्री के दौरे के दृष्टिगत सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं

आकाशवाणी शिमला से भी सुबह दस बजे उदघाटन समारोह का सीधा प्रसारण किया जाएगा पीएम वैभव सम्मेलन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य पूरा करने में सहयोग के लिए शोधकर्ताओं और शिक्षाविदों को आमंत्रित किया है आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम में प्रे विश्व का हित निहित है कल शाम वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने हाल में कई सुधार लागू किए हैं जिनसे उद्योग और शिक्षा जगत को नए अवसर मिलेंगे

एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज सभी समाचार पत्रों ने प्रधानमंत्री के हिमाचल दौरे से जुड़ी खबर को प्रमुखता दी है अमर उजाला का शीर्षक है चीन पाक सीमा तक आसानी से पहुंचेगी सेना मोदी आज करेंगे अटल टनल रोहतांग का लोकार्पण दैनिक जागरण ने लिखा है आज से अटल होगी रोहतांग सुरंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे उदघाटन पंजाब केसरी का कहना है आज अटल टनल रोहतांग देश को समर्पित करेंगे प्रधानमंत्री दिव्य हिमाचल की सुर्खी है आज अटल इतिहास रचेंगे मोदी हिमाचल दस्तक का कहना है हिमाचल से ड्रैगन को सख्त संदेश देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अजीत समाचार के शब्द हैं मोदी आज करेंगे अटल रोहतांग टनल का उदघाटन

अमर उजाला की सुर्खी है रक्षा मंत्री ने किया टनल का निरीक्षण अजीत समाचार के शब्द हैं राजनाथ द्वारा रोहतांग में अटल टनल का दौरा